उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को आम्रपाली से मकान खरीददारों का पंजीकरण करने को कहा फ्लैट देने में देरी पर की जायेगी सख्त कार्रवाई केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्ष दो हजार सोलह के मुकाबले दो हजार अट्ठारह में फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अपशिष्ट को जलाने के मामलों में इकतालिस प्रतिशत की आई है कमी

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे जिलों में भ्रमिगत जल का सर्वेक्षण करना बहत जरूरी है आकाशवाणी के साथ विशेष मेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि भूमिगत जल के सर्वेक्षण से उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जहां से पानी का अंधाध्य दोहन किया गया है गजेन्द्र सिंह ने यह भी कहा कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और मार्च दो हजार बीस तक भूमिगत जलाशयों के सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा हमारे देश के कल छह हजार से ज्यादा ब्लॉक्स में से लगभग बीस प्रतिशत ब्लॉक में अब जल शुन्यता की स्थिति आ गई है या आने वाली है उन सारे स्रोत जो हैं भूगर्ष के जो जल भण्डार हैं उनके पुनर्भरण पर हमको तेजी से काम करने की आवश्यकता है उन भण्डारों में हम पानी को भरें और उसको आने वाले समय के लिए दोहन कर सकें

दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्षमा स्वराज की स्मृति में कल नई दिल्ली में शोक सभा आयोजित की गयी पिछले सप्ताह नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुषमा स्वराज अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थीं उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज कभी भी किसी भी चुनौती से घबराई नहीं

उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार न्यायालय गठित करने के बारे में कोई जवाब न देने पर कल सात राज्यों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है न्यायालय ने राजस्थान और उत्तराखंड पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने तेलंगाना उत्तर प्रदेश ओडिसा मेघालय और मिजोरम पर भी पचास पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा है कि बच्चों के सर्वगीण विकास के लिये केवल पुस्तकीय ज्ञान काफी नहीं है उन्हें देश में हो रही गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिये राज्यपाल ने कल लखनऊ के दिलक्शा गार्डन में चल रही सेना की दो दिवसीय प्रदर्शनी नो योर आर्मी में आये हुये लोगों से यह बात कही उन्होंने कहा कि बच्चों में देशभक्ति पैदा करने के लिये सेना के क्रियाकलापों की भी जानकारी होनी चाहिये जिससे सेना के प्रति उनकी रूचि बढ़ेगी प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने सेना के विभिन्न हथियारों के साथ उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की

न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर इन प्राधिकरणों के अधिकारी फ्लैट देने में देरी करेंगे तो उन्हें जेल मेज दिया जाएगा दोनों प्राधिकरणों ने सर्वेच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने आम्रपाली के फ्लैट खरीदने वालों के मामले निपटाने के लिए विशेष सेल गठित किया है और आदेश का पालन किया जायेगा

यह विशेष गीत दूरदर्शन ने तैयार किया है इस गीत में हाल में चन्द्रयान टू के सफल प्रक्षेपण और सरकार द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के बारे में बताया गया है इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई है प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा बॉलीवुड गायक जावेद अली द्वारा गाये गये इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत दुष्यंत का है इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्ष दो हजार सोलह के मुकाबले वर्ष दो हजार अट्ठारह में फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अपशिष्ट को जलाने के मामलों में इकतालिस प्रतिशत की कमी आई है कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने यह जानकारी दी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जम्मु कश्मीर में अनुच्छे तीन सौ सत्तर को हटाया जाना असंवैधानिक है उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी श्रीमती वाड्रा ने कल सोनभद्र में पत्रकारों से यह बात कही कांग्रेस महासचिव ने जिले के घोरावल क्षेत्र के उम्मा गांव में भूमि विवाद में मारे गये लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना वह घटनास्थल पर भी गई उधर भाजपा ने कांग्रेस महासचिव के इस दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा कि सोनथद्र में हालात बिल्कुल सामान्य है पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया कराई गई है और उन्हें न्याय दिलाने के लिये सरकार प्रयासरत है

लखनऊ संभल फिरोजाबाद रामपुर मैनपुरी अमरोहा हापुड़ मिर्जापुर चित्रकूट और हमीरपुर में धीमी से तेज बारिश हुई किसानों ने धान की फसल के लिये इसे लामदायक बताया है प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ाव पर है फतेहगढ में गंगा नदी का और लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर बिजनौर के कालागढ़ में और मुरादाबाद में बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर आगरा जालौन हमीरपुर बांदा और मोहना में बढ़ाव की ओर है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है इस संबंध में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र देव सिंह ने बसों की विशेष व्यवस्था के लिये परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर तेरह अगस्त से अट्ठारह अगस्त तक अतिरिक्त बसें संचालित की जा रही हैं

इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व पर बालिका सुरक्षा शपथ दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे समाज के सभी नागरिकों विशेष रूप से लड़कों में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो सके महिला एवं बाल विकास विमाग की प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जहां एक ओर लड़के बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी की शपथ लेंगे वहीं माता पिता बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करने उन्हें समान अवसर देने और बेटों को अन्शासन में रखने और उन्हें बचपन से नैतिक मूल्य सिखाने की शपथ लेंगे

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि इकत्तीस अगस्त के बाद यदि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पाये जाने की सूचना मिली तो संबंधित थानाध्यक्ष नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी को सीधे जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी